काजल इस बीच कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने आज धर्मशाला में पूरे दलबल के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और पार्टी के अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कांग्रेस ने दाड़ी में एक चुनाव जनसभा का भी आयोजन किया जिसे पार्टी नेताओं ने संबोधित किया पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की चारों लोकसभा सीटे जीतने का दावा किया उन्होंने पंडित सुखराम को लेकर दिए अपने ब्यान को विरोधियों द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप भी लगाया पवन काजल रजनी पाटिल और मुकेश अग्निहोत्री ने जनसभा को संबोधित किया तथा कहा कि भाजपा झूठे वायदे करती है और उसके पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि यूपीए सरकार के दस सालों के शासनकाल में देश विकास के लिए तरसता रहा क्योंकि उनके पास न तो कुशल नेतृतव था और न ही कोई नीति मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश में शासन के दौरान केवल अपना ही विकास किया मुख्यमंत्री आज चम्बा जिला के चुराह में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता मोदी लहर से घबरा कर चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुए इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में शामिल होने की घोषणा भी की कांगड़ा से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर और स्थानीय विधायक व विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने भी जनसभा को संबोधित किया परिणाम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज दसवी की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है

सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि बोर्ड के इतिहास में पहली बार अप्रैल महीने में परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है इससे पहले ये परिणाम मई में घोषित होता था अनुराग हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में हार सामने देख कांग्रेस जातिवाद का जहर फैलाकर समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है अनुराग ठाक्र आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है विपक्षी खेमे की हताशा और भी बढ़ती जा रही है मौसम प्रदेशवासियों को एक बार फिर मौसम के बिगड़े तेवरों का सामना करना पड़ेगा मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है

इस बीच राज्य के निचले इलाकों में लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है